मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज धर्मशाला में एक करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के डीएनए खंड की आधारशिला रखी इस मौके जयराम ठाकूर ने कहा कि डीएनए खंड बनने से धर्मशाला से डीएनए रिपोर्ट प्राप्त करने में चंबा कांगड़ा और ऊना जिलों को मदद मिलेगी मुख्यमंत्री ने एक वर्ष में इसके भवन का निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा ँकि ये देश की पहली प्रयोगशाला है जो राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड से परीक्षण व अंशशोधन प्रयोगशाला के लिए मान्यता प्राप्त है जयराम ठाकुर ने प्रयोगशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का भी शुभारंभ किया उन्होंने कहा कि ये सुविधा फॉरेंसिक विशेषज्ञों के श्रम व समय की बचत के अलावा गुणात्मक रिपोर्ट के सुजन में मदद करेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे विश्व की आध्निक फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं की तर्ज पर डीएनए डॉटाबेस तैयार करने के लिए जुरूरी डीएनए प्रोफाईल तैयार करने में भी मदद मिलेगी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी और उद्योग मंत्री बिकम सिंह ठाकुर सहित अन्य गणमान्य लोग इस अवसर पर मौजूद रहे जयराम इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में प्रैस क्लब द्वारा आयोजित स्कूली बच्चों की नशा निवारण रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस मौके उन्होंने नशे की बढ़ती प्रवृति पर चिंता जताते हुए कहा है कि नशा तस्करी को रोकने के लिए ज़रूरत के मुताबिक कानून सख्त किए जाएंगे जयराम ठाकुर ने अभियान की सफलता के लिए दृढ़ निश्चय के साथ काम करने की जरूरत बताते हुए हर वर्ग की सहभागिता को अहम बताया मुख्यमंत्री ने नशा निवारण में बच्चों के योगदान पर जोर देते हुए कहा कि बच्चे इस अभियान को नई ताकत दे सकते हैं

उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में प्रैस क्लब के कार्यक्रमों की सराहना की इस मौके मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रोहित सावल और नगर निगम महापौर कुसुम सदरेट सहित अन्य ्गणमान्य लोग मौजूद रहे

आज शिमला में तकनीकी शिक्षा वोकेशनल व औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उद्योग व तकनीकी शिक्षा मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने ये बात कही उन्होंने कहा कि उद्योगों में उत्कृष्टता लाने के लिए तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले अध्यापकों को ज्यादा ध्यान देने की जुरूरत है बिकम ठाक्र ने विभिन्न शिक्षा संस्थानों के प्रमुखों का नई सोच के साथ काम करने का आहवान करते हुए नए विचारों को लागू करने के लिए कड़ी मेहनत करने को कहा तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि आईटीआई संस्थानों में मशीने व उपकरणों की खरीद वन स्वीकृतियां और अध्यापकों की नियुक्ति के लिए धनराशि का प्रबंध करने को प्राथमिकता दी जाएगी उन्होंने अध्यापकों व विभाग के अधिकारियों के लिए कार्यशालाएं लगाने की ज़रूरत बताई सहजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने भारतीय संस्कृति के संरक्षण की ज़रूरत बताई है सोलन ज़िला के नालागढ़ में आज हरियाणा हिमाचल की सीमा पर पूर्वांचल के लोगों द्वारा आयोजित छठ पूजा के मौके पर उन्होंने ये विचार व्यक्त किए राजीव सहजल ने कहा कि सूर्य को समर्पित ये त्यौहार सभी को विभिन्न पर्वो को मिलजुल कर मनाने की प्रेरणा देता है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पूर्वांचल के लोगों की समस्याओं से परिचित हैं और इन्हें सुलझाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है इस मौके सांसद वीरेन्द्र कश्यप और दून के विधायक परमजीत सिंह पम्मी ने भी अपने विचार व्यक्त किए इससे पहले राजीव सहजल ने बालद खड्ड के समीप बनने वाले सूर्य मंदिर की आधारशिला भी रखी इस मंदिर का निर्माण जन सहयोग से किया जाएगा वार्षिक उत्सव वन मंत्री गोबिंद सिंह ठाकुर ने युवा पीढ़ी से नशे से दूर रहने और वनों के संरक्षण के लिए आगे आने का आहवान किया है कुल्लू जिले के नग्गर में राजकीय वरिष्ठ माध्यभिक पाठशाला के वार्षिक उत्सव में आज बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने ये बात कही गोबिंद ठाकर ने युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए शिक्षकों व अभिभावकों से विशेष एहतियात बरतने और स्कूल परिसर के आसपास संदिग्ध लोगों पर नज़र रखने को कहा गोबिंद ठाकुर ने कहा कि पाठशाला में अत्याध्रनिक सुविधा वाली विज्ञान प्रयोगशाला बनाई जाएगी इस मौके पर उन्होंने विभिन्न गतिविधियों में अव्वल रहे विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरूषोतम गुलेरिया ने आज केलंग में ये जानकारी दी

गुलेरिया ने कहा कि केन्द्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से गांवों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा जिससे देश की जीडीपी पर भी सकारात्मक प्रभाव दिखेगा हाईकोर्ट प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को शपथ पत्र के माध्यम से स्पष्ट करने के आदेश दिए हैं कि शिमला टाउन हॉल भवन को जीर्णोद्वार के बाद किसे सौंपा जाना है मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने आज एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद ये आदेश दिए

मौसम प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में रूक रूक कर हिमपात हो रहा है जिससे ठंड में वृद्धि हुई है जनजातीय ज़िला लाहौल स्पिति में दिनभर हिमपात का कम जारी रहा और घाटी में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है जिले के कई भागों में बिजली की आंख मिचौनी से लोग परेशान हैं

घाटी के लोगों ने निर्माणाधीन रोहतांग सूरंग के माध्यम से आपातकालीन आवाजाही की सरकार से मांग की है सीमा सड़क संगठन के कमांडर कर्नल अवस्थी ने बताया कि माईनस तापमान और विपरीत मौसम को देखते हुए रोहतांग दर्रे से बर्फ हटाना संभव नहीं है ऐसे में सारी मशीनरी मनाली व सिसू के लिए मेज दी है कुल्लू से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि जिले की ऊंची चोटियों पर हिमपात जबकि निचले इलाकों में रूक रूक कर वर्षा होने से तापमान में गिरावट आई है राजधानी शिमला सहित राज्य के अन्य भागों में दिनभर बादल छाने से शीतलहर तेज हो गई है